कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दुष्टिकोण से अमल कर रही है श्री मोदी आज अहमदाबाद मैट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मैट्रो रेल परियोजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रख रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बीच अन्तर यह भी है कि वर्तमान सरकार देश भर में मैट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है बाइट पहले की सरकारों की जो एप्रोच थी हमारी सरकार कैसे काम कर रही हैं इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था ये बहुत भलीभांति देश में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से पता चलता है

वहीं बीते छह साल में साढ़े चार सौ किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है और इनके विकास में परिवहन के अन्य साधनों के साथ तालमेल का भी ध्यान रखा गया है बाइट एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आध्निक सोच नहीं थी देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था आज हम शहरों के ट्रांसपोटेशन को एक इंटीग्रेटिड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं यानि बस मेट्रो रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़ें बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें एक दूसरे के पूरक बनें मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी संकमण के प्रति सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य केन्द्र सरकार की गाइडलाइन और कम के अनुसार संचालित किया जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में वैक्सीनेशन और अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यंत्री ने कहा कि पहले चरण के टीकाकरण के अन्तर्गत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए कोरोना जांच कार्य को बेहतर ढंग से जारी रखा जाये देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरु होने के बाद विभिन्न देशों के नेताओं से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरूआत की थी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को बधाई दी श्री राजपक्ष ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अब विनाशकारी महामारी का अंत निकट है मॉलदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में श्री सोलिह ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत कोविड के संकट को समाप्त करने के प्रयास में सफल होगा

भूटान के प्रधानमंत्री लौते शेरिंग और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार सावली ने भी श्री मोदी और भारत के लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरूआत के लिए बधाई दी है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निदेश दिये हैं

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने धान कय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा जिससे किसानों को कोई भी समस्या न आये उन्होंने कहा कि धान कय का भुगतान किसानों को समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाये उन्होंने बजट की धनराशि के उपयोग के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को समीक्षा करने के निर्देश दिये जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंतिम रूप दिया जा सके

जिन प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन कराया वे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अरविन्द कुमार शर्मा लक्ष्मण आचार्य कुँवर मान्वेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ला सलिल बिश्नोई अश्वनी त्यागी धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी

एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी आज अपना नामांकन कराया

नामांकन का आज आखिरी दिन था

कल पर्चो की जांच की जायेगी

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो चाहे मांग सकते हैं एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री तोमर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की कि वे कल अगले दौर की बैठक में कृषि कानूनों के हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं बाइट भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है ये तीनों कानून भी है इनपर भी देश के अधिकांश किसान विद्वान वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं सुप्रीमकोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्दयन को रोक दिया है तो मैं समझता हूं कि जिद्द का सवाल ही खत्म होता है

प्रदेश में कोरोना संकमण लगातार घट रहा है और कोरोना के नये मामले कम संख्या में सामने आ रहे हैं